ये हैं नवाचार पेटेंट उत्पादन और समृद्धि उन्होंने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के परिदृश्यं को बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास की कहानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है प्रधानमंत्री आज बेंगलुरू के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उदघाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तथा ऊर्जा भंडारण विकल्पों के लिए दीर्घावधि दिशा निर्देश बनाने चाहिए उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी संभव हो हर प्रकार के कचरे को संपन्नता में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए

सीएम सीएए प्रदेश में भाजपा नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर उत्पन्न हुई भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है इस अधिनियम के समर्थन में पार्टी प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं इस सिलसिले में अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया कि सीएए किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है बल्कि यह एक ऐतिहासिक अधिनियम है

उन्हें यहां की नागरिकता दी जायेगी

उन्होंने बताया कि सीएए को लेकर कांग्रेस देश को भ्रमित कर रही है

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए देश और विदेश से भी कोच की आवश्यकता हो तो इसकी व्यवस्था की जायेगी

मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि उत्तराखण्ड से खेल प्रतियोगिताओं में बालिकाओं की हिस्सेदारी भी बालकों के बराबर है उन्होंने कहा कि प्रदेश की बालिकाएं किसी भी मामले में बालकों से कम नहीं हैं उन्होंने कहा कि जिस राज्य के विकास में स्त्री और पुरूषों दोनों का योगदान होता है वह राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है

उत्तर प्रदेश के सीमाक्षेत्र में रोडवेज की बसों में किराया वृद्धि लागू हो जायेगी बता दें कि उत्तर प्रदेश ने बसों का किराया बढ़ा दिया जिसके बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी किराये में वृद्धि करने का निर्णय लिया

किराये वृद्धि होने से लंबी द्री की बसों में सफर कर रहे यात्रीयों पर भार पड़ेगा प्रशिक्षण शिविर बागेश्वर में शिक्षा विभाग आपदा प्रबंधन और प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने जा रहा है

शिविर में शिक्षकों को विद्यालयी सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे रेडक्रास सोसाइटी के प्रशिक्षित ट्रेनर शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का बेसिक ज्ञान देंगे उन्हें आपदा आने पर किए जाने वाले खोज बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जाएगी प्रशिक्षण शिविर में शिक्षक स्ट्रेचर का निर्माण रस्सी की मदद से खोज बचाव करना मलबे में दबे घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने रस्सी की मदद से घायलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना विभिन्न प्रकार की पट्टियों की जानकारी घायलों का प्राथमिक उपचार करना आदि की जानकारी दी जाएगी कृषि कृमण पुरस्कार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखण्ड को कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चयनित किये जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्ग निर्देशन और प्रदेश के कृषकों एवं कृषि विभाग के प्रयास से उत्पादन में वृद्वि के फलस्वरूप प्रदेश अनाज उत्पादन में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए आत्मनिर्भर है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने की अपेक्षा की गयी है इसके लिए प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रथम चरण में पर्वतीय क्षेत्र को पूरी तरह से जैविक कृषि से जोड़ना है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत जल श्रोत सूख रहे हैं पर्यावरणीय असंतुलन से नमी कम होती जा रही है उन्होंने बताया कि मृदा और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है

गुरूवार को तुमकुर कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रावत और कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को यह पुरस्कार प्रदान किया उद्योग मित्र बैठक प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आज रुद्रपुर में जिलाधिकारी नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में उद्योग मित्र की बैठक हई बैठक के दौरान सिडकल के उद्यमियों ने अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा जिलाधिकारी ने सिडकुल पंतनगर और सितारगंज से जुड़ी सभी समस्याओं का निदान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये बैठक में जिलाधिकारी ने बताया की सिडकुल क्षेत्र में पहले की अपेक्षा घटनाएं कम घटी हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी उद्यमियों से निवेदन किया गया है कि वे सीसीटीवी कैमरा लगाएं जिससे कि किसी भी तरह की घटनाओं को पर अंकुश लगाया जा सके

मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुम्बई के राजभवन में शिष्टाचार भेंट की इस अवसर पर दोनों ने उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा की विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों की राज्यपाल को जानकारी दी राज्यपाल ने देहरादून में संपन्न हुए पीठासीन अधिकारियों के सफल संचालन पर उन्हें बधाई भी दी इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान श्री कोश्यारी के साथ किये गये जन संघर्षों को भी साझा किया